राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस समय हमारा देश एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है और आज के निर्णय तथा कार्यकलाप इक्कीसवीं सदी क भारत का स्वरूप निधारित करेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा सभी के एकजुट प्रयासों से इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हमारे सामन हैं बाइट हमारा देश इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है

एकजुट होक अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सबके लिये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिये स्वतंत्र भारत का शुरूआती दौर था राष्ट्रपति ने कहा कि यह वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती मनाई जायेगी गांधी जयन्ती केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिये गांधी जी के आदर्शो को गहराई से समझने अपनाने और अमल में लाने का अवसर है राष्ट्रपति ने कहा कि इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने हैं उन्होंने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आज हम अपने प्रयासों से गरीबी को समाप्त करने के निर्णायक दौर में हैं उन्होंने कहा कि देश व्यापी प्रयासों के बल पर आज गरीबों को आवास पीने का पानी बिजली और शौचालयों की सुविधा मिल रही है युवा हुनरमंद होकर रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं लोगों को सस्ती दरों पर जन औषधि केन्द्रों पर दवाएं मिल रही है बाइट देशव्यापी प्रयासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास पीने के पानी बिजली और टायलेट की सुविधा मिल रही है गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़के और बुल बन रहे हैं शहरों में आवास तथा आधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है हर घर तक बिजली पहुंच रही है हमारे युवा हुनरमंद होकर रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर रहे है जा लोग अपना व्यवसाय करना चाहते है उन्हें बिना गारंटी के लोन की सुविधा सुलभ कराई जा रही है हर गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है लोगों को जन औषधि केन्द्रों में सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही है राष्ट्रपति ने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा से डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है उन्होंने कहा कि आज दुनिया की निगाहे हमारे उद्यमियों और अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान का उत्पादन हो रहा है साथ ही सेवाओं के क्षेत्र में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की समावेशी भावना भारत के विकास का मूल मंत्र है और इस विकास के दायरे में हम सभी देशवासी शामिल है उन्होंने कहा कि हमारी डायर्वटसिटी डेमोक्रेसी ओर डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है हमारे गणतंत्र ने एक लम्बी यात्रा तय की है लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गये है उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना है उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति परम्परा और जीवन आदर्शो में लोकसेवा का बहुत महत्व है

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि संवैधानिक आदर्शो के वाहक के रूप में आगे बढ़ते हुए देशवासी अपने गणतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे

यह पदक किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं यह पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक की तीन श्रेणियों में दिया जाता है

कल प्रदेश में सत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में होगा इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक परेड की सलामी लेंगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की संदेश देती हुई झांकियां निकाली जायेंगी राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ विधानसभ अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य चूनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है निर्वाचन आयोग द्वारा इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया

राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता होना बड़े गर्व की बात है आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की ये परंपरा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक और सार्थक है एक गणराज्य के रूप में भारत के स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है आम चुनाव हमारे लोकतंत्र के महायज्ञ होते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी क्षेत्र के लोगों से मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया है इस अवसर पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक ने लोगों से अपील की कि वे अपना मतदाता कार्ड अवश्य बनवाये आर चुनाव में अपना मत डाल कर लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान करे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये मऊ जनपद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निष्पक्ष निर्वाचन की गरिमा बनाये रखने के लिये धर्म जाति वर्ग समुदाय भाषा या अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन महोत्सव में भाग लेने की अपील की गई प्रदेश के मेरठ कुशीनगर पीलीभीत सुल्तानपुर चित्रकूट कौशाम्बी कानपुर आगरा बरेली सहित सभी जनपदों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जिनमें रैली प्रभात फेरी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं तथा अन्य माध्यमों से मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक और प्रेरित किया किया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

उच्चतम न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय किया है हालांकि न्यायालय ने आरक्षण के अमल पर रोक नहीं लगाई है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है केन्द्र को चार सप्ताह के अंदर उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना है

उच्चतम न्यायालय ने कल अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था इस संशोधन के जरिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने क प्रावधान को बहाल किया गया है प्रदेश के अधिकांश भागों में कल देर रात से गरज चमक के साथ शुरू हुई हल्की से मध्यम वर्षा तथा ओलावृष्टि के साथ हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है वहीं कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा जल भराव और ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई जनपदों में वर्षा का क्रम अभी भी जारी है इस वर्षा को कृषि विशेषज्ञों ने फसलों के लिये विशेषकर गेहूँ और चना की फसल के लिये लाभदायक बताया है वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हुआ है प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में सुबह वर्षा के साथ ओलावृष्टि से तापमान काफी गिर गया जिससे सबसे ज्यादा कल्पवासी प्रभावित हुए है